आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे एक सौ बीस करोड़ की आबादी वाले देश के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रणबंदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं आपकी परेशानी भी समझता हूं

कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आज जो कुछ भी घट रहा है उसमें यही एकमात्र विकल्प बचा था उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए क्षमायाचना भी की प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह घैर्य दिखाना ही है तक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है साथियो मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ तोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंगीरता को नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण है इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया

संकट की इस घड़ी में जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले उसे खाना खिलाने का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और यह ज्ञान विज्ञान अमीर और गरीब मजबूत और लाचार सब के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है उन्होंने कहा कि यह वायरस न तो किसी राष्ट्र की सीमा में बंधा है और न ही यह कोई क्षेत्र या कोई मौसम देखता है श्री मोदी ने कहा कि देशवासी इस बात को समझेंगे कि सरकार को ऐसे निर्णय क्यों लेने पड़े जिनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा श्री मोदी ने खासतौर से वंचित समूदाय के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि ये उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेक योद्वा हैं जो घरों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम मोर्चे पर डटे हमारे ये सैनिक हैं हमारी नर्स बहनें डाक्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के विरूद्व संघर्ष में डटे क्छ लोगों से फोन पर हई बातचीत भी साझा की प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक क्ल अड़सठ मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से चौदह मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चके हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि गौतमबद्ध नगर में सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं उन्होंने बताया कि यहां एक फैक्ट्री के कई कर्मचारियों में संक्रमण पाया गया है उन्होंने कहा कि इन सभी के परिजनों सहित संपर्क में आने वालों को अलग थलग रखा गया है श्री प्रसाद ने कहा कि मेरठ में भी एक स्थान से पांच व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है जिसके बाद यहां विशेष सावधानी बरती जा रही है कोरोना महामारी से पैदा संकट के बीच लोग आगे आकर सरकार को आर्थिक मदद दे रहे हैं आजमगढ़ जिले में तैनात सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने तय किया है कि वे अपना एक दिन का वेतन आपदा राहत कोष में जमा करेंगे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने आज इस संबंध में पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कोविड नाइन्टीन संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश की जेलों से भीड़ कम करने का निर्देश मिलने के बाद जौनपुर जिला जेल से आज पचहत्तर कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा किया गया प्रमारी जेल अधीक्षक राज कमार ने बताया कि चवालीस अन्य विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया चल रही है